कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखों सीएम कोविड निर्देश मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए आरटी पीसीआर टेस्ट और टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने महाकृभ के मददेनजर हरिदवार में टीकाकरण और आरटी पीसीआर टेस्ट के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि प्रदेश में जिन स्थानों पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उन स्थानों पर कंटेनमेंट और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां से उत्तराखंड आने वाले लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही प्रवेश दिया जाए उन्होंने इसके लिए जल्द गाइडलाइन जारी करने का आदेश दिया है ऋषिकेश स्थित एसपीएस चिकित्सालय में खराब व्यवस्थाओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हए मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं को जल्द सुधारने और कार्य के प्रति लापरवाही दिखाने वालों पर सख्त कारवाई करने के निर्देश दिये हैं स्वास्थ्य सचिव स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने त्योहारी सीजन के बाद कोरोना के मामलों के बढ़ने की आशंका को देखते हए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैम्ल्यिंग बढ़ाने पर जोर दिया है स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी को खोल दिया गया है ताकि आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े

होटल के सभी कर्मचारियों का सैम्पल लेकर जांच के लिए भैज दिया गया है स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि विभाग दवारा सभी को गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्री केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड के टीके सुरक्षित और कारगर हैं आज दिल्ली में कोविड का दूसरा टीका लगवाने के बाद उन्होंने लोगों से टीका लगवाने के लिए आगे बढ़ने और टीकाकरण को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की उन्होंने लोगों से टीके के किसी भी द्वष्प्रचार पर विश्वास न करने को भी कहा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका लगवाने के बाद भी संक्रमित होने के कुछ ही मामलों की पृष्टि हई है उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टीका लगवाने के बाद संक्रमण होने की संभावना बहत कम रह जाती है और अस्पताल में भर्ती होने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है

आज एक परामर्श जारी कर महानिदेशालय ने बताया है कि क्छ हवाई अड्डों पर कोविड के दिशा निर्देशों के पालन में ढिलाई बरती गई है और यह संतोषजनक नहीं रहा है परामर्श में सभी हवाई अड्डा संचालकों से कहा गया है कि वे यात्रियों के मास्क ठीक से पहनने नाक और मुंह ढकने और सुरक्षित द्वरी बनाए रखना सुनिश्चित करें हवाई अड़डा प्रशासन से दिशा निर्देशों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने को भी कहा गया है सैन्यधाम प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तराखंड सैनिकों की भूमि है और भारत का हर पांचवां सैनिक उत्तराखंड से आता है इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए हमेशा कार्यरत है श्री जोशी विधानसभा कक्ष में विभागीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे उन्होंने बताया कि सैनिकों को सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार ने पांचवां धाम सैन्य धाम की स्थापना का निर्णय लिया है उन्होंने कहा कि प्रथम विश्व य्दध से लेकर अब तक प्रदेश के जितने भी सैनिक शहीद हए उनके घर जाकर सम्मान पत्र भेंट किया जाएगा और उनके घर की मिट्टी को सैन्य धाम में लाया जाएगा श्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन जगहों पर सैनिकों का अधिक आना जाना रहता है वहां नये विश्राम गृह बनाये जाएं और प्राने विश्राम ग़हों की मरम्मत करा दी जाए इस अवसर पर बैठक में निदेशक सैनिक कल्याण ब्रिगेडियर के बी चंद और अन्य अधिकारी मौजूद थे

स्वर्गीय सुरेन्द्र जीना के भाई और भाजपा प्रत्याशी महेश जीना ने नामांकन पत्र दाखिल किया

उनके कार्यो के आधर पर जनता उन्हें अपना मत देकर विजयी बनाएगी नामांकन के दौरान भाजपा प्रत्याशी के साथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सांसद अजय भट्ट और सांसद अजय टम्टा भी साथ रहे कांग्रेस प्रत्याशी गंगा पंचोली ने भी आज अपना नामांकन कराया उन्होंने कहा कि वो क्षेत्रीय विकास के मुददे पर च्नाव लड़ रही हैं और उन्हें जीत का भरोसा है नामांकन के दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कंजवाल और राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा मौजूद रहे सल्ट विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर राहल शाह ने बताया कि कांग्रेस और भाजपा के अलावा उत्तराखण्ड क्रांति दल के उम्मीदवार मोहन उपाध्याय उतराखण्ड परिर्वतन पार्टी के उम्मीदवार जगदीश चन्द्र और निर्दलीय उम्मीदवार पान सिंह ने भी नामांकन पत्र दाखिल किये इससे पहले सर्वजन स्वराज पार्टी के शेर सिंह रावत पीपूल्स पार्टी ऑफ़ इंडिया डेमोक्रेटिक के नन्दकिशोर और निर्दलीय स्रेंद्र सिंह ने भी नामांकन कराया था

उन्होंने निर्देश दिये जिन अधिकारियों को चुनाव से संबंधित जिम्मेदारी सौंपी गयी है वे पूरी तत्परता से काम करें श्री दले ने वाहनों की चैंकिग करने और अनाधिकृत नकदी समेत अन्य सामान को नियमानुसार जब्त को कहा उन्होंने वीडियों सर्विलांस टीम को सभा और जुलुस आदि की कवरेज करने के साथ ही व्यय को सम्बन्धित प्रत्याशी के खाते में जोड़ने के निर्देश भी दिये

हर वर्ष होली के बाद लगभग तीन महीने तक चलने वाले मेले को इस बार कृम्भ और कोरोना संक्रमण के कारण एक महीने के लिए ही आयोजित किया जा रहा है

मेले के श्भारंभ के अवसर पर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि पूर्णागिरि मन्दिर को ट्रस्ट बनाने के दौरान प्जारियों और स्थानीय लोगों की भावनाओं का ख्याल रखा जाएगा उन्होंने कहा कि पूर्णागिरि मन्दिर के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास किये जाएंगे नवीन पहल बागेश्वर में जिलाधिकारी विनीत कुमार ने एक नई पहल शुरू करते हुए जिले की सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभावान बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने के उददेश्य से उमंग एक पहल नामक कार्यक्रम की श्रुआत की है पिछले दिनों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत लड़कियों के बेहतर भविष्य के लिए मार्गदर्शन देने और प्रेरित करने हेत् कॉपी विद डीएम नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसमें कुछ लड़कियों ने अपनी कमजोर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभुमि के चलते उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आ रही व्यावहारिक समस्याओं के बारे में जिलाधिकारी को बताया था